प्रदेश में कोरोना संकमण के रोजाना सामने आने वाले नए मामलों की संख्या में लगातार कमी जारी कल लगभग डेढ़ हजार मामले आए सामने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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे

नया भवन आत्मनिर्भर भारत की ब्रेनियादी सोच को दर्शाएगा ये भवन आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिर्कोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कैबिनेट द्वारा कल मंजूर की गई पीएम वाणी स्कीम प्रौद्योगिकी जगत के लिए कांतिकारी साबित होगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि इससे व्यापार और जीवन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि इस स्कीम से छोटे द्वकानदार वाई फाई सेवा उपलब्ध करा सकेंगे इससे आमदनी बढ़ेगी और युवाओं के लिए निर्बाध इंटरनेट कनेक्टीविटी सुनिश्चित की जा सकेगी गौरतलब है कि कल कैंबिनेट ने पब्लिक वाई फाई नेटवर्क स्थापित करने को मंजूरी दी जिससे बिना किसी लाइसेंस फीस के सार्वजनिक वाई फाई सेवा उपलब्ध करवाई जा सकेगी केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने फिर से कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी कृषि उपज विपणन समितियों के अन्तर्गत मंडियो को समाप्त नहीं किया जाएगा एक ट्वीट में श्री तोमर ने कहा कि किसानों की जमीन कोई भी किसी भी वजह से नहीं ले सकता और खरीदार किसानों की भूमि में कोई बदलाव नहीं कर सकता है

कृषि मंत्रालय के अनुसार सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुरूप किसानों से खरीफ फसलों की खरीद जारी रखे हुए है

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े अहम मुद्दों पर बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दस बजे होने वाले इस लाइव संत्र में शिक्षा मंत्री छात्रों और अभिभावकों के सवालों के जवाब भी देंगे

राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि झालावाड़ जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र में आज फिर से वोट डाले जा रहे हैं कल ईवीएम मशीन में खराबी के कारण ये मतदान फिर से कराया जा रहा है

चुनाव आयुक्त ने बताया कि कल प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं

संकमण के रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में भी लगातार कमी जारी है

आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे एक श्रोता का संदेश